उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजाना चार से पांच हजार सैम्पल लिए जा रहे हैं उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा पांच हजार दो सौ छप्पन टैस्ट रोजाना किए जा सकते हैं वहीं भीलवाडा में आईसीएमआर द्वारा टेस्ट की अनुमति मिल चुकी है उन्होंने बताया कि जयपुर और जोधपुर में टैस्ट की तादाद बढाने के लिए मशीन खरीदने का आर्डन दिया जा चुका है इन मशीनों के आने के बाद प्रतिदिन तीन से चार हजार जांचे अतिरिक्त की जा सकेंगी

चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रवासी राजस्थानी और प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए सरकार विशेष मैकेनिज्म विकसित कर रही है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन के बिना उन्हें राजस्थान लाया जा सके उन्होंने कहा कि उनकी मदद के लिए अन्य राज्यों में भी विज्ञापन जारी किए गए हैं आने वाले सभी प्रवासियों की सघन जांचें की जाएंगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें आइसोलेशन होम क्वारेंटीन या इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटीन में भी रखा जा सकता है

आदेशों में कहा गया है कि राज्य के सीमा वाले जिलों में चैकपोस्ट स्थापित की जाए जहां सभी आने वालों की पूरी जानकारी रजिस्टर की जाए

इसके अलावा जिन गांवों में लोग बाहर से आने वाले लोगों को प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं वहां गांव के बाहर स्कूल भवन में क्वारंटीन सेंटर बनाया जाए जहां बाहर से आए व्यक्तियों को ठहराया जाए और उनके खाने पीने की व्यवस्था का उत्तरदायित्व स्थानीय लोगों को दिया जाए

आज सबसे ज्यादा तेईस मामले जोधपुर में सामने आए नागौर में बीस अजमेर में ग्यारह जयपुर में छह कोटा में तीन और धौलपुर में दो तथा भरतपुर सीकर हनुमानगढ़ और झालावाड़ में एक एक व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है आज जयपुर के थाना जालुपूरा क्षेत्र में एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने पर इलाके के कुछ हिस्से में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है

राजसमंद जिले की करौली ग्राम पंचायत में पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर जिला प्रशासन ने गांव की सीमाओं को सील कर सर्वे का काम शुरू कर दिया है इसके अलावा जहां ये युवक ठहरा था उस क्वारंटीन सेंटर के सभी कर्मचारियों को आइसोलेशन वार्ड की सुविधा दी जा रही है और आज सभी के सैम्पल लिए गए

लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है श्री मोदी ने कहा कि बहुत कम समय में डाक्टर नर्स आशा एएनएम कार्यकर्ता एनसीसी कैडेट और एनएसएस कार्यकर्ता और विभिन्न क्षेत्रों के प्रोफेशनल सहित सवा करोड़ लोग इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं इन कोविड योद्वाओं ने संकट प्रबंधन योजनायें तैयार करने और लागू करने में स्थानीय स्तर पर बहुत मदद की है प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी

हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है उन्होंने सीकर जिले के पलसाना का नाम लिए बिना कहा कि कहीं हमारे मजदूर भाई बहन क्वारेंटीन में रहते हुए जिस स्कूल में रह रहे हैं उसकी रंगाई प्रताई कर रहे हैं गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सीकर के पलसाना के सरकारी स्कूल में क्वारंटीन के लिए ठहरे हुए विभिन्न राज्यों के मजदूरों ने स्कूल की पुताई करके उसकी सुरत ही बदल दी

प्रदेश में इस अवसर पर बड़ी संख्या में वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होते है लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते बहुत कम विवाह आयोजित हो रहे है हमारे भरतपूर संवाददाता ने बताया कि शहर की सब्जीमंडी में एक मजदूर की बेटी की शादी सम्पन्न हुई जिसमें मेहमानों ने मास्क पहनकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए भाग लिया

सिरोही में लोगों ने सादगी से अक्षय तृतीया मनाया आज ही कई जगह परशुराम जयंती भी मनाई गई भरतपुर में भगवान परशुराम का मंत्राच्चार के साथ अभिषेक किया गया

यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र इस तरह के किसी प्रस्ताव पर न तो विचार कर रहा है और न ही ऐसी कोई योजना बना रहा है